च्नाव के आयोजन की तर्ज पर होगा वैक्सीन का वितरण म्ख्यमंत्री ने कहा प्रदेश में टीकाकरण की तैयारियां हुई शुरू

महिला उम्मीद्वारों को प्लिस भर्ती में ऊंचाई में मिलेगी तीन सेंटीमीटर की छूट राज्य में चार नए टाइगर सफारी बनेंगे नए अभ्यारण्य की स्थापना पर भी विचार प्रधानमंत्री वैक्सीन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत के साथ ही अन्य देशों में भी कोरोना से बचाव की वैक्सीन के लिए पूरे प्रयास हो रहे हैं यह कार्य आखिरी दौर में है भारत जो भी वैक्सीन देगा वो वैज्ञानिक कसौटी पर खरी होगी और इसके उपयोग की देशव्यापी व्यवस्था होगी

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि वैक्सीन आने में देर नहीं है लेकिन तब तक सभी सावधानियों का पालन करना ही है वैक्सीन आने के पश्चात किसे कितना डोज़ देना होगा यह तय नहीं है हमें वैश्विक संदर्भ में आगे बढ़ना होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि टीकाकरण अभियान का कार्य काफी लंबा चलेगा इसके लिए टीम भावना से कार्य करना होगा वैक्सीन वितरण नीति आयोग के डॉ वीके पाल ने बताया कि वैक्सीन वितरण की पारदर्शी व्यवस्था की जाएगी इलेक्शन ब्रथ की तरह दल गठित कर एकत्र होकर अधिकारी कर्मचारी कार्य करेंगे

इसकी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं राज्य संचालन समिति बनाई जा चुकी है यह समिति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई है जिला टास्क फोर्स भी बना दिए गए हैं ब्लॉक स्तर पर भी टास्कफोर्स गठित होंगे प्रदेश में कोरोना वैक्सीन आने के बाद वितरण व्यवस्था को सुचारू ढंग से लागू किया जाएगा वैक्सीन आने पर परिवहन व्यवस्था ड्राई स्टॉक कोल्ड चैन स्पेस नवीन कोल्ड चैन फोकल प्वाइंट का विस्तार मॉनिटरिंग वैक्सीनेटर्स के प्रशिक्षण का कार्य व्यापक पैमाने पर किया जाएगा वर्तमान में भी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा च्का है मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि टीकाकरण कार्य में समाज को भी शामिल किया जाएगा सामाजिक संगठन जैसे एनसीसी एनएसएस और य्वाओं का सहयोग लिया जाएगा

बालाघाट जिले के प्रवास के दौरान लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ प्रभ्राम चौधरी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिये शिवप्री जिले में कोरोना से बचाव के लिए जनजागरूकता लाने और मास्क लगाने के लिए प्रेरित करने के उददेश्य से रोको टोको अभियान की श्रुआत की गई है

निवाड़ी में कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि वे स्वयं सतर्क रहें मास्क लगाएं और सुरक्षित रहे ग्वालियर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर अंकृश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने नया आदेश जारी किया है

इस सम्मेलन को लोकसभा आयोजित कर रही है इस वर्ष के सम्मेलन का विषय है विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सौहार्द्रपूर्ण समन्वय गतिशील लोकतंत्र की कृंजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे सम्मेलन में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू लोकसभा अध्यक्ष और सम्मेलन के अध्यक्ष ओम बिड़ला भी भाग लेंगे महिला उंचाई मध्यप्रदेश में प्लिस भर्ती परीक्षा देने वाली महिला उम्मीदवारों को उंचाई में तीन सेंटीमीटर की छूट मिलेगी

इसके तहत जेल में बंदियों से म्लाकात पर भी रोक लगा दी गई थी

वहींसागर तथा ब्रहानप्र में नवीन अभ्यारण की स्थापना पर भी काम चल रहा है उमरिया जिले के राष्ट्रीय उदयान बांधवगढ़ में वन विभाग की बैठक के दौरान वन मंत्री डाक्टर विजय शाह ने बताया कि प्रदेश में नवीन वक्षारोपण अधिनियम लाया जा रहा है म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक की अध्यक्षता करते हए कहा कि प्रदेश में बांस मिशन को तेजी से क्रियान्वित किया जाएगा उन्होंने कहा कि प्रदेश के वनवासियों को उच्च गुणवत्ता के बांस रोपण के लिए प्रेरित किया जाएगा तथा बांस उत्पादन के माध्यम से वनवासियों की आय बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे

यह जानकारी ग़ह विभाग के अपर म्ख्य सचिव डॉ राजेश राजौरा की अध्यक्षता में कल मध्यप्रदेश सड़क स्रक्षा क्रियान्वयन समिति की बैठक में दी गई डॉ राजौरा ने बैठक में सड़क स्रक्षा संबंधी नोडल एजेंसियों को द्र्घटनाओं की रोकथाम के लिये चिन्हांकित ब्लैक स्पॉट्स को समन्वयपूर्वक बेहतर कार्य कर द्र करने के निर्देश दिये

इसे देवउठनी ग्यारस भी कहते हैं आज से धार्मिक और वैवाहिक कार्यक्रम फिर से शुरू हो जाते हैं पूरे प्रदेश में इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उज्जैन में इस अवसर पर तीन दिवसीय कालीदास समारोह की श्रुआत हो रही है कार्यक्रम में संस्कृति मंत्री ऊषा छाक्र म्ख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगी वहीं खंडवा के सभी मंदिरों में कोविड गाइडलाइन्स का पालन करते हए प्रजा अर्चना की जा रही है श्रद्धाल् अपने घरों में भी देवउठनी ग्यारस का पर्व भक्तिभाव से मनाएंगे

इससे पहले उपच्नाव हारने वाले पीएचई मंत्री ऐदल सिंह कंसाना और कृषि राज्य मंत्री गिर्राज दंडोतिया भी इस्तीफा दे चुके हैं